मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पुलिस थानों में अनिवार्य एफआईआर की व्यवस्था लागू करने का किया आग्रह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

श्री मोदी वर्चअल कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे

संस्थान के निदेशक प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान आयुष मंत्रालय के अंतर्गत देश का पहला संस्थान है जिसे मानद विश्वविद्यालय की उपाधि दी जाएगी उधर आज जयपुर में राज्य स्तरीय धन्वन्तरी जयंती समारोह और आयूर्वेद दिवस समारोह आयोजित होगा

कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आयुर्वेद चिकित्सकों और कार्मिकों का सम्मान किया जाएगा

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि पैकेज से रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और संकटग्रस्त क्षेत्रों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी

आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रगति का उल्लेख करते हुए श्रीमती सीतारामन ने बताया कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के कई उपाए किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि कोविड से उबरने के दौरान रोजगार के नए अवसर बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरू की जा रही है श्रीमती सीतारामन ने बताया कि इस योजना के तहत केन्द्र सरकार इस वर्ष पहली अंक्टूबर के बाद नए पात्र कर्मचारियों के लिए दो वर्ष तक सब्सिडी देगी इसे इन कर्मचारियों के आधार से जुड़े ईपीएफओ खाते में जमा किया जाएगा

वहीं संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या दो लाख के करीब पहुंच गई है

पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ और गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को कोरोना होने की पुष्टि हुई है श्री पायलट ने एक ट्वीट कर कहा कि उनके संपर्क में पिछले दिनों जो भी लोग आए हैं वे अपनी जांच कराए और सावधानी बरतें

उन्होंने इससे बेहतर कानून व्यवस्था कायम की जा सकेगी श्री गहलोत ने कहा कि अपराध पंजीकरण अनिवार्य करने से अपराधों के आंकड़ों में बढ़ोतरी होना स्वभाविक है अपराध वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि को कुछ लोग एक मानने की गलती कर लेते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय पंजीकरण के विरोध करने का नहीं बल्कि हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की इस नीति का समर्थन करने का है

धन तेरस को धन्वंतरि जयंती और आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने धनतेरस रूप चौदस दीपावली गोवर्धन पूजा अन्नकूट उत्सव और भाई दूज की मंगल कामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों के खुशहाल जीवन की कामना की है